मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने सभी स्वस्थ हुए व्यक्तियों को शुभकामनाएं देते हुए अस्पताल से बिदा किया

वहीं टीकमगढ़ में कल एक व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दी गई

दतिया में जेल के बाहर तैनात एक एसएएफ जवान संक्रमित पाया गया है वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज जेल में दो कैदी पॉजिटिव निकले हैं जिले में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा उमरिया में शिविर लाईन थाना चौकी में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी में संक्रमण की पुष्टि हुई है

इससे संबंधित नया आदेश कल जारी कर दिया गया है

राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी साथ ही अब राज्य में मंत्री सांसद और विधायक सभी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा या अपने साथ तौलिया रखनी होगी अगर वह बिना मास्क के पाए गए तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा टूरिज्म ई कॉन्क्लेव पर्यटन मंत्री उषा ठाक्र ने कल फिक्की द्वारा आयोजित ट्ररिज्म ई कॉन्क्लेव के समापन समारोह में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये विभाग अनेक नवाचारों पर विचार कर रहा है

इससे कोविड की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को पुनर्वापसी में सहायता मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे

मंडल ने कल इसका कार्यक्रम घोषित किया

इसके लिए जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जायेगा

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समुदाय के लोगों से घरों में ही ईद मनाने की अपील की है

इस वर्ष के लिए मुख्य थीम स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन है